उन्होंने कहा है कि संस्थानों में फ्लेक्स बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही वीडियो और जिंगल्स से मतदान के लिये अपील भी प्रसारित करें श्री राव ने सभी विभागों में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता मंच का गठन करने को भी कहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों के मतदाता परिचय पत्र बने हों

मीडिया निगरानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही एल कान्ता राव ने कल निर्वाचन सदन में स्थित राज्य स्तरीय मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि पेड न्यूज संबंधी समाचारों को गंभीरता और सजगता के साथ देखा जाए उन्होंने कहा कि सभी न्यूज चैनल और समाचार पत्रों की वीडियो क्लिपिंग और कटिंग को संधारित किया जाए श्री कांताराव ने कहा कि जिलों में स्थित एमसीएमसी समिति पेड न्यूज संबंधी रिपोर्ट अनुशंसा कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगी जिसके आधार पर निर्वाचन अधिकारी संबंधित प्रत्याशी को इस संबंध में नोटिस जारी करेंगे और पेड न्यूज होने पर उसका व्यय प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा

राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल राज्य और केन्द्र सरकार पर हमले बोले उन्होंने श्योपुर और सबलगढ़ की आमसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर जनता से झुठे वादे करने का आरोप लगाया कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश विकास में पिछड़ रहा है तथा दुष्कर्म व कुपोषण के मामले में आगे बढ़ रहा है श्री गांधी ने कल अपने दौरे के दूसरे दिन ग्वालियर के किले पर स्थित श्री दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे में माथा टेका इस मौके पर सिख समाज द्वारा उनका सम्मान किया गया श्री गांधी ने जौरा से मुरैना तक रोडशो भी किया जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के सिरोंज में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को किसानो की याद आने लगी है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को तो यह तंक नहीं पता कि प्याज जमीन के अंदर होता है या ऊपर श्री चौहान ने भाजपा के शासनकाल में किसानो के हित में किये गये कामो का ब्यौरा देते हुए बताया कि अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के शासनकाल तक राज्य में साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती थी जो अब बढ़कर चालीस लाख हेक्टेयर हो गई है राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को नौकरी में दिये गये आरक्षण का जिक करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शिक्षकों के पद में पचास प्रतिशत पद और पुलिस भर्ती में पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं मुख्यमंत्री का सभा के बाद सिंरोंज में रोडशो भी हुआ

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने चीन कनाडा कैमरून हंगरी और ब्रनेई के गायकों द्वारा गांधी जी के पंसदीदा भजन का संस्करण साझा किया इन वीडियो को आकाशवाणी की वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट इन पर देखा जा सकता है नवरात्रि नवरात्रि पर्व का उल्लास और उत्साह अब चरम पर पहुँच गया है पूरे प्रदेश में देवी पंडालों पर बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्वालुओं का हुजुम उमड़ रहा है जगह जगह अनुष्ठान का दौर जारी है गरबों का आयोजन भी किया जा रहा है

आज अष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भण्डारों का आयोजन किया जायेगा कन्या भोजन भी कराये जायेंगे स्मृति रेशम मेला केन्द्रीय कपड़ामंत्री स्मृति ईरानी ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छठे भारतीय रेशम मेले का उद्घाटन किया

इनमें से सबसे अधिक खरीदार वियतनाम के हैं इसके बाद श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया कुवैत और मिस्र के खरीदारों का नम्बर है चीन के बाद भारत द्वनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है और यह बड़े निर्यातक के रूप में उभर रहा है भारत के रेशम उत्पादों की अमरीका ब्रिटेन वियतनाम और श्रीलंका में भारी मांग है उम्मीद है कि इस मेले में दो करोड़ डॉलर से अधिक का व्यापार होगा शिरडी समारोह शिरडी में आज से तीन दिवसीय साई बाबा शताब्दी समारोह शुरू होगा देश के अलावा दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरडी पहॅच रहे हैं आज काकड आरती से समारोह की शुरूआत होगी दोपहर में साई प्रतिमा शोभा यात्रा निकाली जायेगी

कार्यकम के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने की संभावना है जीपीएफ केन्द्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि और इस प्रकार की अन्य योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाकर आठ फीसदी कर दी है पिछली तिमाही में ब्याज दर सात दशमलव छह प्रतिशत थी आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्दुभूषण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना से स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में दस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री इन्दुभूषण ने कहा कि इस योजना से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा उन्हों ने कहा कि भारत विश्व की अन्य उभरती अर्थव्य्वस्थाओं के मुकाबले स्वास्थ्य पर बहुत खर्च करता है

अब कुछ समाचार संक्षेप में इलाहबाद का नाम प्रयागराज हो गया है